प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत के लिए पौश्टिक आहार को एक जन आंदोलन बनाने की अपील की पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली का अंतिम संस्कार आज नई दिल्ली में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री जेटली को कू ाल राजनीतिज्ञ एवं उच्च कोटि के विधिवेत्ता बताया प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि प्लास्टिक के सिंगल यूज को रोकने के लिए हमें एकजुट होकर काम करना चाहिए उन्होंने कहा कि प्लास्टिक को रीसाईकल करके उसको इंघन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है आका ावाणी से आज मन की बात कार्यकम में बोलते हुए श्री मोदी ने लोगों से अपील की कि वे प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करने व भंडारन के लिए प्रबंध करें प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी नगर पालिकाओं जिला परिशद ग्राम पंचायत तथा इस क्षेत्र से जुड़े और लोगों को और कार्पोरेट सेक्टर को भी अपील की कि प्लास्टिक कचरे के निस्तारन के लिए काम करें प्लास्टिक मुक्त भारत के उद्दे य के लिए राश्ट्र व्यापी मुहिम स्वच्छता ही सेवा ग्यारह सितंबर को भारू की जाएगी

श्री मोदी ने कहा कि सितंबर का महीना दे भर में पोशण अभियान को समर्पित किया गया है

श्री मोदी ने इस बात पर बल दिया कि पोशण अभियान के तहत आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों की मदद से सभी के लिए पोश्टिक आहार को एक जन आंदोलन बनाया जाए

प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले गुरूवार को राश्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर फिट ईडिया मूमेंट भारू की जाएगी उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपनी सेहत के लिए जागरुक होना चाहिए श्री मोदी ने कहा कि डिस्कवरी चैनल पर मैन वर्सिज वाईल्ड प्रोग्राम के प्रसारण के बाद लोग वन्य जीवन एवं पर्यावरण के बारे में बात कर रहे हैं

श्री मोदी ने लोगों से कहा कि उनको जिम कोर्बेट ने ानल पार्क तथा पुर्वेत्तर सहित प्रकृति और वन्य जीवन के साथ जुड़े स्थानों की सैर करनी चाहिए

प्रधानमंत्री ने मोहनदास कर्मचंद गांधी और मोहन यानी श्री कश्ण के जीवन के बीच की समानता का भी जिक किया

पूर्व वित्त मंत्री अरूण जेटली का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ नई दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया उनके पुत्र रोहन ने सभी राजनीतिक नेताओं पार्टी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में अंतिम रस्म अदा की उप राश्ट्रपति एम वैंकेया नायड बीजेपी के वरिश्ठ नेता एलके अडवाणी गृह मंत्री अमित भााह केन्द्रीय मंत्री राजनाथ सिंह निर्मला सीतारमन स्मृति ईरानी रवि भांकर प्रसाद कांग्रेस नेता ज्योतिरदित्य सिंधिया कपिल सिब्बल व अन्य कई नेता इस अवसर पर मौजूद थे महाराश्ट्र गुजरात कर्नाटक बिहार उत्तराखण्ड और दिल्ली के मुख्य मंत्री भी वहां मौजूद थे

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूर्व वित्त मंत्री व पूर्व रक्षा मंत्री श्री अरूण जेटली को कु ाल राजनीतिज्ञ उच्च कोटि का विधिवेत्ता एवं अर्थवेत्ता और अत्यंत योग्य पार्लियामेंटरियन बताते हुए कहा कि उनके निधन से राश्ट्र को अपूरणीय क्षति हुई है श्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में दिवंगत श्री अरूण जेटली के पार्थिव भारीर पर प्रश्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी इससे पूर्व उन्होंने श्री जेटली के निवास पर भाोक संतप्त परिवार के प्रति भार्क संवेदना व्यक्त की

हरियाणा विधानसभा के स्पीकर कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार सबको साथ लेकर काम कर रही है